इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के प्रति कृतसंकल्प है और दूरदराज के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर सिराज विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों से मात्र वायदे किए गए जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया उन्होंने अधिकारियों को शिलान्यास की गई परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए जयराम ठाक्र ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों से अधिक सचेत रहने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालने करने की अपील की जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश की शिवा परियोजना को स्वीकृत करने में सफल रही है जिससे राज्य के निचले इलाकों में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी वनमंत्री राकेश पठानिया और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे गोविंद शिक्षामंत्री गोविंद ठाकुर ने सर्दियों में बेसहारा गौवंश की सुरक्षा के आवश्यक प्रबन्ध करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कुल्लू में एक बैठक में उन्होंने जिले में मौजूद गौसदनों में क्षमता व चारे की स्थिति का जायजा लेने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए उन्होंने लोगों से अपने पशुओं को बेसहारा सड़कों पर न छोड़ने की अपील की

कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि अधिकतर किसान केन्द्र सरकार के साथ हैं और केवल कांग्रेस व वामपंथियों द्वारा कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते राजस्थान पंचायत चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत मिला है कश्यप ने प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया है निधन वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व राज्य मंत्री रघुराज का निधन हो गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रघुराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संत्पत परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने भी रघ्राज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी रघुराज के निधन पर गहरा दुख जताया है सूरत नेगी वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह उपमण्डल के तहत ग्राम पंचायत लाबरंग में पेयजल योजना का शिलान्यास किया

मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पिति व चम्बा के पांगी सहित उंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी रूक रूककर बर्फबारी का क्रम जारी रहा बर्फबारी के चलते चम्बा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला साच दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है पांगी मुख्यालय किलाड़ में लगभग एक फुट हिमपात हुआ है इधर राजधानी शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज दिनभर बादल छाए रहे

निरीक्षण सोलन के उपायुक्त के सी चमन ने कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दो गज की दूरी व मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि पुलिस सादे कपड़ों में बाजार में निरीक्षण करेगी और शादियों में भी इसी तरह नजर रखी जाएगी

उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि प्रशासन ने प्रत्येक घर में तक ये दवा पहुंचाने का निर्णय लिया है